राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर निप्रण जिंदल ने बताया कि मिशन के अंतर्गत डाक विभाग के माध्यम से बलगम जांच के नमूने स्वास्थ्य विभाग के जांच केंद्रों तक पहुंचाए जाएंगे उन्होंने बताया कि इससे क्षय रोग की जांच करने के कार्य में तेजी आएगी और इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकेगा उन्होंने कहा कि क्षय रोग का पता चलने से ऐसे मरीजों का समय पर उपचार शुरू होगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा एकत्रित नमूनों को पैक करके डाक घरों तक पहुंचाया जाएगा निपुण जिंदल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में हिमाचल को इस वर्ष जनवरी से जून माह तक जारी आंकड़ों में देशभर में अव्वल आंका गया है ज़िला स्तर पर जारी आंकड़ों में हमीरपुर ज़िला पहले स्थान पर रहा है

केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से इस आयोजन का शुभारंभ किया था इसमें देश भर से साइकिल चालक भाग ले रहे हैं

फिट इंडिया साइक्लोथॉन को सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं आम जनता के साथ साथ जानी मानी हस्तियां भी सोशल मीडिया पर साइकिल चलाते हुए तस्वीरें और वीडियो साझा कर रहे हैं

दुर्घटना किन्नौर ज़िले में कल्पा उपमंडल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सुसाईड प्वांईट के पास कल शाम सैल्फी लेते समय एक महिला पर्यटक की पहाड़ी से गिर कर मौत हो गई बचाव कर्मियों ने आज सुबह कड़ी मुश्कत के बाद महिला के शव को ढांक से निकाला महिला की पहचान रेखा के रूप में हुई है जो हरियाणा के सिरसा की रहने वाली थी और राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात थी एसडीएम अविनेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला पर्यटक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है वेतन आयोग प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने राज्य सरकार से केंद्रीय वेतनमान की रिपोर्ट को प्रदेश में जल्द लागू करने की मांग की है महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि सातयें येतन आयोग की रिपोर्ट लागू होने से राजस्व पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा